प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैम्पियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह प्रस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री को अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका और दो हजार बाईस तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिये सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने क बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है बाइट चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते है ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकल रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा रहा है ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायू और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है अगर संस्कृति का जोर पर्यावरण पर नहीं हो तो आपदाओं से बचा नहीं जा सकेगा मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं कि क्योंकि क्लाइमेट और क्लेमिटी का कल्वर से सीधा रिश्ता है क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्वर का हिस्सा नहीं होती तब तक क्लेमिटी से बच पाना मुश्किल है पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है ये हजारों वर्षो से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते है और जलवायु से मिलने वाले फायदों को जानते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि श्री मोदी का हमेशा यह विश्वास रहा है कि देश विकास के पथ पर चलते हुए पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के नेतृत्व का उचित सम्मान है ये पुरस्कार उस असाधारण नेतृत्व का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ विश्द को भी प्रदान कर रहे है ये पुरस्कार उस संकल्प का सम्मान है जो दिश्व को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिये जाने पर बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पर्यावरण के प्रति एक स्पष्ट विजन है जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत की पहचान विश्व पटल पर देखने को मिल रही है उनके प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इक्कीस जून को अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इसी प्रकार यूनेस्को द्वारा कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन तथा नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कराने का सफल प्रयास किया है स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी की गई है प्रधानमंत्री ने कहा है कि अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भविष्य में दुनिया के लिये ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा और पेट्रालियम आयात करने वाले देशों के संगठन ओपेक की जगह लेगा कल शाम नई दिल्ली में अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबधन के पहले सम्मलेन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में सौर संसाधनों से समृद्ध देशों की वही भूमिका होगी जो अभी ओपेक की है इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अन्तोनियो गुतरश ने कहा कि हम भारत में ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल देखेंगे और सौर ऊर्जा इस क्रांति का केन्द्र होगा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश के छियालीसवें प्रधान न्यायाधीश बन गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में आज उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत्त हो गये

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली तथा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे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

आकाशवाणी से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं के प्रति सरकार के रूख से संतुष्ट है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने भी किसानों द्वारा आन्दोलन समाप्त करने की प्रष्टि की है केन्द्र सरकार द्वारा आज तड़के किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द श्रीवास्तव ने कहा है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान है तथा सरकार के कार्यो से किसानों में खुशहाली आयी है बाइट चाहे वह सिंचाई के लिए बिजली की बात हो चाहे खाद की बात हो चाहे पानी की बात हो सस्ते दर पर सीट उपलब्ध कराने की बात हो किसान कर्ज माफी की बात हो

प्रदेश सरकार ने जेल कर्मचारियों को पुष्टाहार भत्ता देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा कल लखनऊ में कारागार प्रशिक्षण संस्थान परिसर में नवनिर्मित कारागार मुख्यालय भवन के लोकार्पण अवसर पर की उन्होंने कहा कि जेल में बंद हर व्यक्ति अपराधी नही होता कई बार राजनैतिक और आन्दोलन के कारण भी जेल जाना पड़ता है उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुराने कारागारों में देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का लम्बा इतिहास है इन कारागारों में उन सेनानियों की कहानी जिन्दा है जो भीषण यातनाएं सहने के बावजूद विचलित नहीं हुये इनके कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास और उससे संबंधित दस्तावेजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित कारागार मुख्यालय में म्यूजियम और कैदियों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया इस अवसर पर कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य पर पांच अक्टूबर को एक सौ पचास कैदियों को रिहा किया जायेगा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने लखनऊ स्थित होमगार्ड्स मुख्यालय प्रांगण में कल तीन दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया प्रदर्शनी में खादी के वस्त्रों एवं अन्य सामानों के स्टॉल लगाये गये हैं इस अवसर पर होमगार्ड्स राज्य मंत्री अनिल राजभर भी उपस्थित थे श्री पचौरी ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य परम्परागत कौशल से बने खादी के वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं का होमगार्ड्स जवानों के साथ ही आम जनमानस में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है